प्रदेश में आज पहले चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा डूंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए

शुरूआत में कुछ केन्द्रों पर ईवीएम में खराबी आने पर मतदान में रूकावट हुई जिसे बाद में ठीक कर दिया गया

प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मतदान के प्रति सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह देखा गया

इस बीच मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों में कई नामी चेहरों ने भी वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की

उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान को आवश्यक बताया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी झालावाड के हाउसिंग बोर्ड स्थित मतदान केन्द्र पर अपने परिवार सहित वोट डाला

फिल्म अभिनेता और भाजपा प्रत्याशी सनी देओल ने आज पंजाब में गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से और कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार में पटना साहेब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा भरा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रदेश में सैपऊ सरदारशहर और कोटपूतली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाए की सैपऊ ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर पर किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए कानून बनाया जाएगा

स्वीप कार्यक्रमों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां मुख्य मुकाबला दो महिलाओं के बीच होने के कारण ये सीट चर्चा में हैं

इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसका उद्देश्य लोगों में जीएसटी को लेकर समझ बढाना और जीएसटी कानून के तहत विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो खातों का कामकाज संभालते हैं और कई तरह के अप्रत्यक्ष कर रिटर्न भरते हैं

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी से जनजीवन पर व्यापक असर पड रहा है

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना जतायी है

दोनों ही टीमें यह मैच जीतकर प्ले ऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेंगी